उन्होंने कहा कि पुराने संसाधनों का देशहित में इस्तेमाल किया गया है और उन्हें सही दिशा दी गई है उन्होंने कहा कि केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने ईमानदार और पारदर्शी शासन व्यवस्था स्थापित की है देश में पिछले चार वर्षों में चौतरफा विकास इसलिए संगव हो पाया उन्हीं संसाधनों के रहते सरकार बेहतर काम इसलिए कर पाई क्योंकि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा गया व्यवस्थाओं को सही दिशा की तरफ मोझ गया साथियों मैं आपको विखास दिलाता हूं कि जनहित में मुश्किल से मुश्किल प्रैसले लेने का यह सिलसिला जारी रहेगा आज देश में चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नीव दिनों दिन मजबूत होती चली जा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्ष दो हजार बाईस तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एण्ड एक्सपो सेंटर के शिलान्यास समारोह में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के मूल आधार मजबूत हैं और विनिर्माण तथा कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में दस दस खरब डॉलर का योगदान करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अप्रैल दो हजार अट्ठारह के विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार छब्बीस खरब डॉलर के साथ भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रमु ने यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित हाल की घटनाओं को देखते हुए सभी विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों की सुरक्षा जांच करने का आदेश दिया है उन्होंने संबद्व अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ये तत्काल एक व्यापक सुरक्षा जांच योजना तैयार करे इसमें सभी विमानन कंपनियों हवाई अड्डों उड़ान का प्रशिक्षण देने वाले स्कूल और विमान अनुरक्षण संबंधी सुरक्षा मानकों के पालन तथा संबद्ध संगठनों की कार्य प्रणाली का आकलन करना शामिल होगा मुंबई से जयपुर की जेट एयरवेज की उड़ान में कम से कम तीस यात्रियों के नाक और कान से खुन बहने की घटना को देखते हए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस उड़ान में चालक दल के सदस्य विमान में हवा के दबाव पर नियंत्रण करने वाले स्विच को ऑन करना भूल गए थे श्री प्रमु ने जेट एयरवेज की उड़ान की घटना को लेकर जांच का आदेश भी दिया है विश्व बैंक बोर्ड ने भारत के महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय देशी भागीदारी ढांचे का समर्थन किया है यह भारत के उच्च टिकाऊ और समग्र विकास से जुड़ा है इस कदम का उद्देश्य संसाधन सम्पन्न और समग्र विकास रोजगार सुजन और मानवीय प्रंजी निर्माण जैसी महत्वपूर्ण विकास प्राथमिकताओं को होने वाली समस्याएं दूर कर भारत को उच्च मध्यम आय वाला देश बनाना है दक्षिण एशिया में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष हार्टविग शाफर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और इसका वैश्विक महत्व है

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा इस महीने की छब्बीस तारीख तक फोन लाइनें खुली रहेंगी प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिए श्रोता एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस से प्राप्त लिंक पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं मोहर्रम की दसवीं तारीख यानी यौमे आशुरा पर आज प्रदेश भर में ताजिया जुलुस निकाले गये और मजलिसो के आयोजन किए गये बाद में ताजियों को दफ्न कर दिया गया यह दिन पैगम्बर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है कल मोहर्रम के नौवें दिन विभिन्न स्थानों पर इमामबाड़ों में देर रात तक मजलिसो के आयोजन किए गये तथा देर शाम प्रदेश भर के विभिन्न नगरो शहरो और कस्बों में ताजिया जुलूस निकाले गये लोगों ने जगह जगह ताजिया जुलूसों का स्वागत किया अमरोहा जिले के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में जोया सम्भल मार्ग पर पलौला में आज सुबह तेज रफ्तार एक निजी बस का टायर फट गया जिसके कारण बस पलट गयी जिससे बस के नीचे दबकर पांच लोगों की मौत हो गयी और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिसमें पांच लोगों की हालत गम्भीर होने पर हायर सेन्टर भेज दिया गया है उधर फैजाबाद जिले के कुमारगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत बीती रात गोमती नदी में एक नाव के पलट जाने से तीन लोग डूब गये दुर्घटना उस समय हुयी जब कुछ लोग रात में नाव पर बैठकर गोमती नदी पार कर रहे थे जब नाव पलट गयी नाव में आठ लोग सवार थे जिनमें से पांच लोगों को बचा लिया गया गोताखोर की मदद से डूबे हुये लोगों के शव नदी से बाहर निकाल लिये गये है